ज्यादातर संसदीय क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक चलेगा लेकिन माओवाद प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रहेगा इस चरण में आंध्र प्रदेश तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप और उत्तराखंड के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं इसके अलावा इसी चरण में असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर ओडिसा त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कुछ संसदीय सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है

मुख्य निर्वाचन आयुक्तर सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से भारी से भारी संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग की दृष्टि और दायित्व तभी फलीभूत होगा जब मतदाताओं और विशेषकर नये मतदाताओं की लोकतांत्रिक प्रणाली में भरपूर उत्साह और आस्था दिखाई दे नामांकन लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण की अधिसूचना कल जारी होने के साथ ही नामांकन का काम शुरू हो गया है

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जायेंगे कल पहले दिन सतना और होशंगााबाद सीटों पर एक एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र प्राप्त होने के समाचार है

वहीं प्रदेश के पहले चरण के मतदान वाली सीटों में कल नामांकन पत्रों की जांच का काम किया गया इसमें शहडोल सीट के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है

वहीं दूसरे चरण की नामांकन प्रकिया शुरू हो गयी है इसके साथ ही राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान के साथ ही चुनावी अमले के प्रशिक्षण की गतिविधियां तेज हो गयी है खंडवा जिले में कल माताजी की भण्डारे के मौके पर छैगॉव माखन और धनगॉव में वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया और मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई

ग्वालियर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वसहायता समूहों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

रीवा जिले में कृषि विभाग ने किसान संगोष्ठी आयोजित कर मतदान करने की शपथ दिलाई उमरिया जिले के मानपुर करकेली आदि क्षेत्रों में मसाल जुलूस निकाला गया वहीं शिवपुरी जिले में आज से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नामांकन संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा सागर जिले के देवरी में कलश यात्रा निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया है वहीं आगरमालवा जिले में उज्जैन संभाग आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

चुनाव समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल भोपाल में एक बैठक में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय सुरक्षा बल सीसीटीव्ही कैमरों और वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने को कहा है साथ ही चुनाव प्रकिया को स्वतंत्र और अप्रभावित रखने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने मतदान केन्द्रों पर छाया पीने के पानी और चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम रखने पर जोर दिया

प्रदेश के चारों चरण के चुनाव में इनका उपयोग होगा भोपाल ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आयुक्तों और महानिरीक्षकों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी

प्रदेश के श्रमायुक्त आशुतोष अवस्थी ने समस्त दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक श्रमिकों सहित सभी कामगारों को यह सुविधा देने के लिए नियोजकों और संस्थानों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिये हैं प्रदेश में चार चरणों में की मतदान तिथियों पर संबंधित संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कारोबार व्यवसाय और औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगार संवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे भविष्य निधि सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधि और अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर आठ प्रतिशत बनाए रखा है आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा है कि ये ब्याज दर रेल कर्मचारियों और रक्षा बलों के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को देय होगा पिछले महीने सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और डाक भविष्य निधि सहित लघु बचत की योजनाओं पर पुरानी व्याज दर बरकरार रखी थी गणगौर खंडवा जिले में कल गणगौर पर्व के अंतिम दिन जवारा विसर्जन सहित भण्डारे के अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये निमाड़ में चैत्र नवरात्रि पर्व के साथ गणगौर पर भी श्रद्धा और भक्तिभाव का माहौल रहता है गणगौर पर्व के अंतिम दिन कल परंपरा के अनुसार भण्डारे लगाये गये बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना कर भण्डारे में प्रसादी ग्रहण की निषाद जयंती प्रदेश में कल मांझी समाज द्वारा निषादराज जयंती मनाई गई इस मौके पर शिवपुरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया डिण्डोरी में इस मौके पर रैली निकाली गयी और समापन पर भण्डारा आयोजित किया गया इस अवसर पर एक झांकी भी लगाई गई आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुम्बई में एक रोमांचक मुकाबले में मुम्बई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को तीन विकेट से हरा दिया

आज जयपुर में रात आठ बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा